उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारामन ने आज लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हये कहा कि सरकार द्वारा किये गये सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी कृषि क्षेत्र के बारे में उन्हॉने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दस करोड़ से भी अधिक किसानों को एक लाख पन्द्रह हजार करोड रुपये की राशि अंतरित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थी को टीकाकरण की निर्वारित तिथि से दो दिन पूर्व फोन पर सूचना भेजकर टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध करायी जाए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड पर अंतिम प्रहार करने के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है उन्होंने प्रदेश में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण और तेज करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की संक्रमण दर में गिरावट आयी है लेकिन इस वैश्विक महामारी के प्रति सजगता बरतना जरूरी है उन्होंने कोविड नमूनों की जांच भी तेज गति से संचालित करने के निर्देश दिए प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में राज्य में तिरानबे लोगों में कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हुयी है जबकि इस दौरान दो सौ इक्कीस लोग बीमारी से ठीक हुए हैं प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है कल एक दिन में एक लाख सैंतीस हजार नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल दो करोड़ चौरानबे लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं पन्द्रह फरवरी से शुरू की जायेंगी सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षण के दौरान कॉलेजों में कोविड नाइन्टीन से सम्बंधित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा इससे पूर्व कन्टेंनमेंट जोन से बाहर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तेईस नवम्बर से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य चल रहा है विश्वविद्यालय प्रबंधन को कक्षाओं का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा साथ ही विद्यार्थियों को मास्क पहनना और दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा

इस घटना में मारे गए अड़तीस लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और करीब एक सौ छियासठ लोग अभी भी लापता हैं गढ़वाल के मण्डलायुक्त रविनाथ रमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बचाव दल को दूसरी सुरंग तक पहुंचने में सफलता मिली है उन्होंने उम्मीद जतायी कि वहां फंसे हुए लोगों को निकालने में बचाव दल सफल होंगे उन्होंने कहा कि हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बनी झील को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके बीस मीटर इलाके से पानी बाहर निकलने लगा है

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष दो हजार ग्यारह में विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो हजार बारह में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को गुभकामनायें दी हैं उन्होंने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत सुनाने वालों को भी बघाई दी है केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को श्भकामनाएं दी हैं श्री जावेडकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है उन्होंने कहा कि रेडियो अब मोबाइल में भी आ गया है और लोग आसानी से इसे सुन सकते हैं

पुलिस ने बताया कि मृतक लखनऊ के रहने वाले थे और कार से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे दुर्घटना एक्सप्रेस वे पर तालग्राम इलाके में उस समय हुई जब तेज रफ्तार कार आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई दुर्घटना में सभी छह युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई प्लिस के अनुसार य्वकों की उम्र चौबीस से सत्ताईस वर्ष के बीच है